झारखंड कोरोना राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान साठ नए कोरोना मरीज मिले हैं इसी के साथ कृल कोरोना संक्रमितों की संख्या दो हजार आठ सौ चौदह पहुंच गई है इनमें से दो हजार पचास मरीज स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहतर दषमलव आठ पांच प्रतिषत है वहीं दूसरी ओर अब तक बीस कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है मरने वालों में ज्यादातर मरीज दूसरी गंभीर बिमारियों से ग्रसित थे राज्य में अब कोरोना के सात सौ चौवालीस सक्रिय मामले हैं

उपायुक्त वरुण रंजन ने कल रात तीन नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जिनमें एक महिला तथा दो पुरुष षामिल हैं

वहीं मिर्जाचौकी की एक महिला गर्भवती होने के कारण सदर अस्पताल साहिबगंज में भर्ती की गईं थीं उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहीं हबीबपुर साहिबगंज का एक निवासी शुक्रवार को मालदा से आया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है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

विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले क्छ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही कई प्रभावी कदम उठाए उसने जनवरी में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप प्रबंधन लागू कर दिये थे उन्होंने कहा कि भारत को अब इस महामारी के डेटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए मिड डे सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर गोड्डा जिले के उपायुक्त ने सात षिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है इसके साथ ही इन षिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है उपायुक्त ने वित्तीय अंकेक्षण नहीं कराने के मामले को लेकर कार्रवाही की है सावन पहली सोमवारी के साथ आज से सावन माह की शुरुआत हो गई इस बार कोरोना संकट को लेकर लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा है और श्रद्धालु इस बार जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए बाबाधाम और बासुकीनाथ में भगवान की पूजा के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है आज से पूरे सावन श्रद्वालुओं के लिए सुबह होने वाली सरकारी पूजा और शाम की श्रृंगार पूजा का टेलीविजन चैनलों और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है इस दौरान श्रद्धाल भी ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे इसे लेकर कल देवघर की उपायुक्त नैंसी सहाय ने जिला प्रशासन पुलिस और धर्मरक्षिणी सभा के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम की समीक्षा की श्रद्वालुओं का प्रवेश रोकने के लिए देवघर जिला प्रशासन ने बिहार और झारखंड की सीमा दुम्मा में कांवर पथ को पूरी तरह से सील कर दिया है इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में जिला प्रशासन की देखरेख में पंडित पूजा अर्चना करेंगे इस दौरान मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पांच दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है

इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार आज रांची और आसपास के इलाके में बादल छाये रहेंगे गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी

वहीं रांची और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश भी हो सकती है उधर खूंटी के सीमावर्ती इलाके के डंडोल टेमटेमटोली के दो किशोरों वज्रपात से मौत हो गई वहीं एक महिला गंभीर रुप से घायल हो गयी जिसका इलाज किया जा रहा है स्पेषल स्टोरी गिरिडीह गिरिडीह जिला प्रषासन जिले में आए प्रवासी मजदूरों को खेती के हनर सिखा रहा है उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इन मजदूरों को कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी उन्नत खेती का प्रषिक्षण दे रहे हैं जिससे कि वे अच्छी फसल उगाकर आत्मनिर्भर बन सकें

स्पेषल स्टोरी पाकड़ पाक्ड़ जिले में ग्रामीण महिलायें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन के तहत प्रषिक्षण लेकर पत्ता प्लेट बनाकर प्रतिमाह हजारो रुपये की आमदनी कर रही हैं हनरमंद महिलायें आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं तो समाज में उनका ओहदाह भी बढ़ा है साथ ही वे प्रधानमंत्री को हुनर है तो कद्र है के सपने को भी सकार कर रही हैं

इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है जैक के अध्यक्ष डा अरविन्द प्रसाद सिंह ने बताया कि कॉपियों के मुल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है पहले चरण में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा श्री सिंह ने बताया कि इंटर सांइस और कॉमर्स का रिजल्ट भी पन्द्रह जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा इस साल लगभग चार लाख विद्यार्थियों ने मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दी है इधर जैक आठंवी बोर्ड की विषेष परीक्षा को लेकर आज से फॉर्म भरा जाएगा इसे लेकर जैक ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से इक्कीस जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया सुनिष्वित करने का निर्देष दिया है गोलीबारी बोकारो के जैनामोड़ में कल शाम अपराधियों ने एक गहना दुकान में लुट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया इस दौरान अपराधियों ने एक सोने की चेन लूट ली अपराधियों की कुल संख्या तीन थी अपराधी सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं

अब संक्षिप्त खबरें देवघर जिले के मधुपुर के बुढ़ई थाना क्षेत्र में कल शाम एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई

चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित झारखंड बिहार सीमा पर आमीन मोड़ के पास कल ऑटो और यात्री वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि ऑटो चालक समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए रांची के बेड़ो प्रखंड के शहरी क्षेत्र में जंगली हाथियों ने प्रखंड कार्यालय के पास स्थित एक घर की चहारदीवारी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया

राज्य सरकार ने इस वर्ष बाबाधाम बासुकीनाथ और रांची पहाड़ी मंदिर से ऑनलाइन दर्षन की व्यवस्था की है सुल्तानगंज से दुम्मा पहुंचे कांवरियों को कल पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस पर पथराव किया गया था दैनिक हिंदुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कोरोना और एलएसी पर चीन के खिलाफ पूरी तैयारी की खबर को जगह दी गई है

प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने लातेहार के बरवाडीह में भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि की हत्या को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने जैक बोर्ड द्वारा दस जुलाई तक मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट जारी होने की खबर को प्रमुखता से छापा है राँची एक्सप्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात को पहले पन्ने पर जगह दी है

अंग्रेजी दैनिक हिंदस्तान टाइम्स ने देष में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ भारत के दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने की खबर को प्रमुखता से छापा है